वे आज शिमला स्थित राजभवन में बागवानी विभाग एचपीएमसी और एपीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को व्यापक प्रबंध करने की जरूरत है ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी गतिविधियां प्रभावित न हो राज्यपाल ने सेब खरीद मंडियों का विकेंद्रीयकरण करने का सुझाव दिया ताकि बागवानों को लाभ हो सके उन्होंने कहा कि किसानों के लाभ के लिए परिवहन सब्सीडी पर भी विचार किया जाना चाहिए इस बीच महिला व बाल विकास विभाग की निदेशक कृतिका कुलेहरी ने राज्यपाल से भेंट की और उन्हें लॉकडाउन के दौरान विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कल शिमला में उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और लोग घरों में बने मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना भी अब अपराध बना दिया गया है और इसकी उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हाटस्पाट को सील किया जाएगा और इन क्षेत्रों के कफ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी

उन्होंने कहा कि हिमोत्कर्ष संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई इन पीपीई किट्स का उपयोग स्वास्थ्य विभाग के पहली पंक्ति के अधिकारी व कर्मचारी करेंगे वीरेंद्र कवर ने अधिकारियों से ज़िले में कोरोना की स्थिति की जानकारी भी ली

केंद्र सरकार ने पूर्ण बंदी को देखते हुए इस सम्बंध में अधिसूचना जारी की है विस्तारित अवधि के दौरान बीमा का लाम मिलता रहेगा और दावों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा

कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में कल दो और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं इनमें से एक कांगड़ा जिले के ज्वाली उपमंडल व दूसरा चंबा के चुवाड़ी से है ये दोनों पंजाब के जालंधर में काम करते हैं दोनों युवक टांडा अस्पताल में उपचाराधीन हैं

जबकि दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई

चाय तुड़ान प्रदेश में लॉकडाउन कफ्यू के बीच धर्मशाला चाय फैक्ट्री में सरकार की अनुमति से चाय पत्ती तुड़ान का कार्य शुरू हो गया है धर्मशाला से हमारे जिला संवाददाता संदीप कुमार ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है उत्पादकों ने सरकार से चाय उत्पादन को कोलकता भेजने की अनुमति देने का आग्रह किया है

जगत सिंह नेगी किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने लॉकडाउन व कफ्यू के कारण किन्नौर जिले में फंसे अन्य ज़िलों के कामगारों को उनके गृह क्षेत्रों में पहुंचाने की व्यवस्था करने का सरकार से आग्रह किया है इस संदर्भ में उन्होंने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर मांग की है कि बाहरी ज़िलों और अन्य राज्यों में फंसे किन्नौर के लोगों को लाने का प्रबंध किया जाए उपायु क्त कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिले में खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण उपलब्य है और खुले बाजार व उचित मूल्यों की दुकानों में खाद्य वस्तुओं की कमी नहीं है उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को एक माह का राशन एक मुश्त प्रदान किया गया है

उधर हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा है कि जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर करवाई जा रही है